पांच लाख रूपये तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा

वित्तमंत्री ने बजट को प्रौद्योगिकी और युवा वर्ग के विकास पर केंद्रित बताया उन्होंने कहा कि बजट के तीन प्रमुख भाग हैं पहला आकांक्षी भारत दूसरा सबसे के लिए आर्थिक विकास और तीसरा संरक्षित समाज केन्द्रीय बजट में व्यक्तिगत करदाताओं को राहत देने और कर कानून को सरल बनाने के लिए व्यक्तिगत आयकर की एक नई व्यवस्था की घोषणा की गई है

बजट पेश करते हुए श्रीमती सीतारामन कहा कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार मजबूत हैं और मुद्रास्फीति नियंत्रण में है वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी लागू करना सरकार का ऐतिहासिक फैसला रहा

श्रीमती सीतारामण ने कहा कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास से कार्यक्रमों की क्रियान्वयन गति कई गुणा बढ़ी है भारत अभी विश्व की पांचवीं सभी बड़ी अर्थव्यवस्था है

प्रधानमंत्री किसान योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाया जाएगा जल्द खराब होने वाले खाद्य पदार्थो के शीघ्रता से परिवहन के लिए विशेष किसान रेल और किसान उड़ान योजना शुरू करने का एलान किया गया है

वित्तमंत्री ने कहा कि सरकार खुले में शौच की कप्रथा से मुक्त होकर ओडीएफ प्लस के प्रति वचनबद्द है

महात्वाकांक्षी भारत के अंतर्गत शिक्षा और कौशल विकास की चर्चा करते हुए वित्तमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति की शीघ्र ही घोषणा की जाएगी

पुलिस विज्ञान न्यायिक विज्ञान और साइबर न्यायिक विज्ञान के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुलिस विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय न्यायिक विज्ञान विश्वविद्यालय का भी प्रस्ताव है योग चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए पीपीपी माध्यम से मौजूदा जिला अस्पतालों के साथ मेडिकल कॉलेजों को जोड़ा जायेगा वित्तमंत्री ने सहकारी संस्थाओं के लिए कर की दर में छूट देने की भी घोषणा की बैंकों में जमा राशि पर बीमा सुरक्षा का दायरा एक लाख रूपये से बढ़ाकर पांच लाख रूपये किया गया युवाओं के लिए की गई एक पहल के तहत सरकार ने बजट में अराजपत्रित पदों पर नियुक्ति के लिए ऑनलाइन परीक्षा करवाने के मकसद से राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने की घोषणा की है अराजपत्रित पदों पर भर्ती के लिए साझा योग्यता परीक्षा का प्रस्ताव किया गया है

वित्तमंत्री ने सबके लिए सस्ते मकान का लक्ष्य हासिल करने के लिए आवास ऋण पर देय ब्याज पर डेढ़ लाख रूपये तक की अतिरिक्त कटौती की स्वीकृति की अवधि एक साल बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसमें सभी वर्गों के हितों को ध्यान में रखा गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आम बजट को निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इसमें अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोई योजना नहीं है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश प्रनिया ने बजट को सभी वर्गो के लिए अच्छा बताया उन्होंने कहा कि किसान युवाओं महिलाओं को बढ़ावा देने और नई तकनीक को विकसित करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं

व्यवसायी अजय डाटा ने कहा कि इस बजट से डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को जॉब के अवसर मिलेंगे

इस बीच आज जयपूर के सवाई मानसिंह अस्पताल में दो संदिग्ध मरीजों के सैम्पल लिए गए हैं उधर अजमेर के जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय में भी कोरोना वाइरस का एक संदिग्ध मरीज भर्ती कराया गया है विभाग के अतिरिक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य रवि प्रकाश शर्मा ने बताया कि कोरोना वाइरस की जांच सुविधा अब जयपुर में भी शुरू हो गई है